केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि उनके विभागाध्यक्ष इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन स्निश्चित करें इस आदेश से सरकारी और निजी कार्यस्थलों में तथा उनके आसपास बदलाव होने की संभावना है इस आदेश के तहत सभी सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है कचरा म्क्त शहर केंद्र ने अम्बिकापुर राजघाट सूरत मैसूर इंदौर और नवी मुंबई को कचरा मुक्त फाइव स्टार शहर घोषित किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आज स्टार रेटिंग के आधार पर कचरा म्क्त शहरों की घोषणा की

केन्द्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के भय और आजीविका छिनने की आशंका को देखते हए श्रमिक अपने घर जाने के लिए व्याक्ल हैं राज्यों को इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्र के साथ समन्व्य पर भी जोर देना चाहिए राज्यों को पैदल जा रहे प्रवासियों के लिए स्वच्छता भोजन और स्वास्थ्य स्विधाओं के पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए सरकार बायोमेट्रिक सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित रहेगी

इनमें कहा गया है कि उपसचिव और उससे अधिक स्तर के सभी अधिकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे द्कानें ख्ली कोरोना महामारी के कारण लागू लाकडाउन में छूट मिलने के बाद आज प्रदेश सहित देश में लगभग साढ़े चार करोड़ द्कानें खली लेकिन ग्राहकी नदारद रही

लगभग सभी बाज़ारों में द्कानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की बह्त कमी देखी गयी बड़ी मात्रा में कर्मचारी अपने गृह राज्यों में पलायन कर गए है शिवपुरी जिले में आज से लॉक डाउन के चौथे चरण में लोगों कई राहतें मिली हैं और जिनके तहत बाजारों में दुकाने खोली गईं

सागर जिले में कोरोना संक्रमित सोलह मरीज आज प्रकाश में आये है

राजगढ़ जिले में भी एक कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बाद कलेक्टर श्री नीरज क्मार सिंह ने राजगढ़ विकासखंड के ग्राम करेड़ी को टोटल लॉक डाउन कर कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है

टिड़डी दल से बचाव के लिए उपसंचालक किसान कल्याण कृषि विकास विभाग जीएस मोहनिया ने किसानों को सामायिक सलाह जारी की है झाबुआ में टिड़डी दल के प्रकोप की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामों में तत्काल मुनादि करवाकर ग्रामीणजनों को इस आपदा के प्रकोप से संतर्क करना आवश्यक है आगरमालवा जिले में कल शाम सुसनेर के रास्ते एक टिड्डी दल ने प्रवेश किया